बुनियादी ढांचे का विकास भारत को पचास खरब डालर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना किसान कल्याण और जल सुरक्षा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट की मुख्य बातें हैं उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने न्यूइंडिया की शुरूआत कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि रिफार्म परफार्म और ट्रासफार्म का सिद्वांत सफल हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए बजट में ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाने विभिन्न प्रकार के संपर्क के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने भारत की आंतरिक क्षमताओं के उपयोग और सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के विकास का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था साढे अट्ठारह खरब डॉलर की थी और पांच साल के भीतर यह सत्ताईस खरब डॉलर की हो गई है बजट में अगले दशक के लिए सरकार के दस साल के विजन को भी प्रस्तुत किया गया है इसके अंतर्गत मौलिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास डिजिटिल इंडिया प्रदूषण मुक्त भारत मेक इन इंडिया जल प्रबंधन और नदियों की सफाई अंतरिक्ष कार्यक्रम खाद्यान आत्मनिर्भरता और निर्यात बढ़ाने स्वस्थ समाज और जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया भावना को विकसित करने की बात कही गई है बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि इस वर्ष जब हम गांधीजी की डेढ सौवी वर्षगांठ मना रहे हैं तो हमें अपने सभी प्रयासों में अंत्योदय को प्राथमिकता देनी चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार के हर प्रयास का केन्द्र बिन्दु गांव गरीब और किसान हैं श्रीमती सीतारमण ने ग्रामीण परिवारों का जीवन बदलने वाली उज्जवला और सौभाग्य योजनाओं का जिक्र करते हुए आश्वासन दिया कि दो हजार बाईस यानी भारत की स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और रसोई गैस उपलब्ध हो जायेगी वित्तमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत इस साल गांधी जयंती तक खुले में शौच की कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त हो जायेगा दो करोड़ रूपये तक की व्यक्तिगत आमदनी पर आयकर में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है दो करोड़ से पांच करोड़ रूपये की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर लगने वाले अधिमार में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है पांच करोड़ से अधिक कर योग्य आय पर अधिमार में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है सड़क रेल जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं हवाई परिवहन और पोत परिवहन के विकास का भी बजट में लक्ष्य रखा गया है रेल परिवहन के क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचे के विकास में सरकारी निजी भागीदारी के जरिए रेल नेटवर्क बढ़ाने की बात कही गई है बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत इक्यासी लाख मकानों के निर्माण के साथ साथ किराए के मकानों की संख्या बढ़ाने के लिए किराएदारी कानून को अंतिम रूप देने की बात कही गई है व्यक्तिगत आय कर की दरों में कोई परिवर्तन नही किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट इक्कीसवी सदी के भारत का बजट है यह बजट इक्कीसवीं सदी के भारत के अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने बजट में एक लाख पांच हजार करोड़ रूपये के विनिवेश के लक्ष्य का स्वागत करते हुए इसे एक अच्छी पहल बताया है कांग्रेस ने कहा है कि आम बजट में कोई नया कदम नहीं उठाया गया है लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज जो बजट पेश किया गया है वह नई बोतल में पुरानी शराब के अलावा कुछ नहीं है और यह पुराने वायदों का पुलिंदा भर है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बजट को निराशाजनक बताया है पार्टी नेता एलमारम करीम ने कहा कि यह उद्योगपतियों के अनुकूल बजट है और इसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बजट की आलोचना की और कहा कि इसमें युवाओं किसानों और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने ऐसा वादा किया था केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिए परीक्षाएं अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त तेरह क्षेत्रीय भाषाओं में कराई जायेंगी संसद के दोनों सदनों में इस आशय की घोषणा करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमारामण ने कहा कि स्थानीय युवाओं की रोजगार संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है क्षेत्रीय भाषाओं में असमिया बंगाली गूजराती कन्नड़ कोंकणी मलयालम मणिपुरी मराठी उडिया पंजाबी तमिल तेलुगु और उर्दू शामिल हैं